प्रधानमंत्री जिन योजनाओं के लाभार्थियों से मिलने वाले हैं उनमें मुख्यमंत्री जल स्वास्वलंबन योजना श्रमिक कल्याण कार्ड मुख्यमंत्री राजश्री योजना पालनहार योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्किल इंडिया आवास योजनाएं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना मेधावी छात्रा स्कृटी वितरण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शामिल हैं

समास्थल पर लाभार्थियों को किसी तरह का बैग पैकेट और बोतल ले जाने की अनुमति नहीं होगी

दूसरी ओर पुलिस ने शहर में यातायात और वाहन पार्किंग के भी विशेष प्रबंध किये हैं

वस्तु और सेवाकर जीएसटी के क्रियान्वयन का एक वर्ष पूरा होने के सिलसिले में आज नई दिल्ली मेंएक कार्यक्रम में वित्त सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि केन्द्र जीएसटी रिफंड की प्रक्रियाको पूरे तौर पर स्वचालित बनाने की कोशिश कररहा है उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था को सरल बनाने से काफी फायदा हुआ है

न्यायाघीश एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने अपनेअलग अलग फैसले में कहा कि वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के कारण प्रघान न्यायाधीश कोही न्यायालय का प्रशासन चलाने का अधिकार है इनमें मुकदमों का आवंटन भी शामिल है

श्री राठौड़ प्रधानमंत्री लाभार्थियों के जन संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे इसके बाद वे शनिवार शाम और रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कार्यकमों में शिरकत करेंगे

बूंदी जिले में फसली ऋण माफी योजना के तहत आज चार गांवों में शिविर लगाए गए

चित्तौडगढ में अफीम किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज भारतीय किसान संघ की जिला इकाई द्वारा ज्ञापन दिया गया

गर्मी और उमस से एक तरफ लोग परेशान हो रहे हैं वहीं बारिश नहीं होने से किसान भी मायूस है